उन्होंने पूर्णबंदी तथा परस्पर सुरक्षित दूरी पर जोर देते हए कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र जान है तो जहान है के स्थान पर जान भी और जहान भी होगा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र को राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड नाइन्टीन का प्रकोप घटाने में मदद मिली है लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है और सतर्कता जरूरी है उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक अवसर है प्रधानमंत्री श्री मोदी कोविड नाइन्टीन से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की देश में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी चिंता की कोई बात नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं सिंगापुर अमरीका ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश तथा ऐप्पल और गूगल जैसी कंपनी सार्वजनिक स्रक्षा के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रही हैं मऊ के जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कहा है कि सभी ग्राम प्रधान ग्राम सचिव और लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में लोगों को मोबाइल में आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें यह ऐप कोरोना वायरस से होने वाले खतरे से आगाह करती है इस ऐप को जितने अधिक लोग डाउनलोड करेंगे यह उतनी ही प्रभावी होती जाएगी देश में कोविड नाइन्टीन के बढते संक्रमण को देखते हए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तओं को पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय धैर्य रखने की सलाह दी गयी है आवश्यक वस्त्ओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचने और मेहमानों को न बुलाने का भी परामर्श दिया गया है लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक सादन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खासी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते की ह बलिया जिले में लॉकडाउन के दौरान अब केवल सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा जारी किए गए पास ही मान्य हॉगे जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं तथा फल सब्जी दूध और खाद्य साम्रगी की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के आवागमन के लिए संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से सुची बनाकर सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम को दें वहीं से पास जारी किया जाएगा वाराणसी के प्रसिद्ध संकटमोचन संगीत समारोह का सत्तानवेवां आयोजन आज से शुरू होगा लॉकडाउन के कारण इस बार यह आयोजन डिजिटल स्वरूप में किया जा रहा है सभी प्रस्तृतियों का फेसब्क पर लाइव प्रसारण किया जाएगा संकटमोचन मंदिर के महंत विश्वम्भरनाथ मिश्र ने बताया कि सभी कलाकार अपने अपने शहरों से संकटमोचन संगीत समारोह के फेसबुक पेज से जुडकर अपनी प्रस्तुति देंगे प्रस्तुतियां आज शाम साढ़े सात बजे से शुरू होंगी सत्रह अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में आज आठ कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे ईस्टर का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं दुनिया भर में यह त्योहार ईसा मसीह को सलीव पर लटकाये जाने के तीन दिन बाद उनके पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गांव धर्मापुर में आज तड़के पैंतीस वर्षीय एक पिता ने अपने चौदह साल के बेटे के साथ विपैला पदार्थ खा लिया हालत बिगड़ने पर दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पिता की मृत्यु हो गयी बेटे को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है पुलिस ने घटना का कारण गृह कलह बताया है